मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि लखनऊ और मेरठ में कोविड नाइन्टीन की रिकवरी दर को बेहतर बनाने के लिए उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए उन्होंने कोविड नाइन्टीन के टेस्टिंग कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व के दृष्टिगत विशेष साक्यानी बरती जाए समी मेडिकल कॉलेजों जिला चिकित्सालयों सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इमरजेंसी व्यवस्था को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए उन्होंने कहा कि महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए वर्तमान में मिशन शक्ति अभियान संचालित है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने आज कहा है कि प्रमुख मानकों से सकारात्मक वृद्धि के संकेत मिलने से पता चलता है कि अर्थव्यव्यस्था मजबूत हो रही है उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड नाइन्टीन महामारी का दुढ़तापूर्वक सामना किया और मृत्यु दर में कमी देखी जा रही है आत्मनिर्मर भारत अभियान की प्रगति की जानकारी देते हए उन्हॉने कहा कि अटठाइस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में इस वर्ष पहली सितम्बर से राशन कार्डो की वैघता प्राप्त होगी इससे करीब उनहत्तर करोड़ लाभार्थियों को फायदा पहंचेगा जो किसी भी सार्वजनिक वितरण की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए किए गए अनेक उपायों का साकारात्मक प्रभाव पड़ा है उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को एक लाख तँतालिस हजार करोड रुपये से अधिक धनराशि मंजूर की गई हैं उन्होंने यह भी बताया कि नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए पच्चीस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त कार्य पूंजी उपलब्ध कराई गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से भारतीय उत्पादों का इस्तेमाल करने और इसके बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की अपील की है इसके तहत केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय ने दीपावली के अवसर पर स्थानीय वस्तओं को बढावा देने का अनियान शुरू किया है केन्द्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे स्थानीय बुनकरों और दस्तकारों को प्रोत्साहन देने के लिए दीपावली के अवसर पर उनकी बनाई हई चीजों को खरीदें उन्होंने लोगों से यह भी अनुरोध किया कि वे इन वस्तुओं को उनके विक्रेता के चित्र के साथ हैश लोकल फॉर दिवाली पर भेजें लोक प्रसारण दिवस आज मनाया जा रहा है यह दिन उन्नीस सौ सैंतालिस में महात्मा गांधी के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है राष्ट्रपिता ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया था जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के क्रूक्षेत्र में रह रहे थे इस अवसर पर आकाशवाणी परिसर में प्रत्येक वर्ष विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की दर बानवे दशमलव आठ नौ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान बावन हजार से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने वालों की कृल संख्या अस्सी लाख छाछठ हजार को पार कर गई है देश में संक्रमित लोगों की दर पांच दशमलव छह तीन प्रतिशत है इस समय सक्रिय मामलों की संख्या चार लाख नवासी हजार है हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान संक्रमण के सँतालिस हजार नौ सौ पांच नये मामलों की प्ष्टि होने के साथ ही यह संख्या छियासी लाख से अधिक हो गई है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज धनतेरस के अवसर पर लखनऊ में भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा का अनावरण किया और आर्यवेद पर आधारित प्राचीन ग्रंथों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया प्रदर्शनी में आर्यवेदाचार्यो की हस्तलिखित पांडलिपियों की प्रतिकृति उकेरी गयी थी जिसकी मृल लिपि प्रयागराज समेत अन्य पौराणिक नगरों में सुरक्षित है धनतेरस का पर्व आज प्रदेश भर में धुम्धाम और उल्लास के साथ कोविड नियमों के पालन के साथ मनाया जा रहा है इसी के साथ पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरूआत हो गयी धनतेरस पर खरीदारी को शुभ माना जाता है आज के दिन आयर्वेद के जनक धन्वंतरी की जयंती होने के कारण अस्पतालों व दवा की दुकानों पर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जा रही है दुकानों व उद्योगों में बहीखाते व क्वेर की भी पूजा की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की श्भकामनाएं दी हैं